सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को तीन लाख करोड़ रूपये की सहायता

अब तक तीन सौ बत्तीस प्रवासी श्रमिकों में संक्रमण पाया गया

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा कल घोषित बीस लाख करोड रुपए के पैकेज से आर्थिक विकास को बढावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मदद मिलेगी आज नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री की इस पहल को आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम दिया गया है वित्त मंत्री ने कहा कि अभियान का उद्देश्य स्थानीय ब्रांड वाले उत्पादों को विश्व स्तर पर सामने लाना है उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ सारी द्रनिया से अपने आप को अलग थलग करना नहीं है वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए पंद्रह उपायों की घोषणा की जिनमें से छह सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यमों एमएसएमई से संबंधित हैं एक महत्वपूर्ण कदम के तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा में आमूल परिवर्तन किया गया है और उनमें निवेश तथा उनके वार्षिक कारोबार की सीमा भी बदल दी गई है सेवा और विनिर्माण उद्यमों के अंतर को भी दूर कर दिया गया है अब एक करोड रूपए तक की निवेश वाली इकाइयां एमएसएमई के दायरे में आएंगी वित्त मंत्री ने आर्थिक संकट में पड़ी एमएसएमई के लिए तीन लाख करोड़ रुपये का ऋण बिना किसी जमानत के देने की घोषणा की जिससे इन उद्यमों को बिना गारंटी के तीन लाख करोड रूपए तक के ऋण दिए जा सकेंगे इस तरह की ऋण सहायता चार साल के लिए होगी और उद्यमी इसका फायदा इकतीस अक्टूबर तक उठा सकते हैं पहले साल मूलधन और ब्याज नहीं चुकाना होगा

वित्त मंत्री ने एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा में एमएसएमई को ई मार्केट से जोडने का भी ऐलान किया वित्त मंत्री ने घोषणा की कि छोटे उद्यमों में हिस्सेदारी खरीदने के लिए पचास हजार करोड रूपए की विशेष निधि बनायी जाएगी इसके अलावा आर्थिक विकास की संभावना वाले एमएसएमई को पचास हजार करोड रूपए की सहायता भी दी जाएगी वित्त मंत्री ने श्रमिकों के कल्याण के भी कई उपायों की घोषणा करते हुए कहा कि इससे बहत्तर लाख मजद्रों को फायदा होगा उन्होंने कहा कि ई पी एफ बारह प्रतिशत की बजाय दस प्रतिशत की दर से काटा जाएगा पंद्रह हजार रूपए मासिक से कम वेतन पाने वाले श्रमिकों का ई पी एफ तीन और महीने के लिए सरकार अदा करेगी इसके अलावा बिजली वितरण कंपनियों को नब्बे हजार करोड रूपए की सहायता की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे इन कंपनियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एन बी एफ सी के लिए आर्थिक पैकेज में तीस हजार करोड रूपए की सहायता की घोषणा की गई है इसके अलावा उनके लिए पैंतालीस हजार करोड़ रुपये की आंशिक ऋण गारंटी योजना का भी एलान किया गया है सरकार ने कोविड उन्नीस की वजह से अध्री पड़ी रेलवे सी पीडब्ल्यूडी और राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि छह महीने बढा दी है वित्त मंत्री ने आयकरदाताओं को राहत देते हुए वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के आयकर रिटर्न जमा कराने की तारीख तीस नवंबर तक बढ़ा दी है विवाद से विश्वास योजना अंतर्गत अतिरिक्त राशि के भुगतान की तारीख इकतीस दिसंबर तक बढा दी गई है लॉकडाउन के दौरान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों में काफी खुशी है कुछ लाभार्थियों ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि इससे उनका जीवन आसान हुआ है

ये रेलगाड़ियां नई दिल्ली से पटना और अन्य शहरों के लिये चलायी जा रही हैं कल आठ रेलगाड़ियों का परिचालन किया गया था

ये सेवाएं श्रमिक ट्रेनों के अतिरिक्त यात्रियों का उपलब्ध करायी जा रही हैं स्टेशन पहंचने पर यात्रियों का जांच की जा रही है और कंफर्म टिकट के साथ केवल उन ही लोगों को ट्रेन में सफर की इजाजत होगी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे फेस मास्क का उपयोग यात्रियों के लिए जरूरी है साथ ही उन्हें अरोग्य सेत् ऐप का भी इस्तेमाल करना होगा वहीं यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक लाने और ले जाने वाले वाहन चालकों को कंफर्म ई टिकट के आधार पर आवाजाही की अनुमति दी जा रही है आनंद कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली बिहार में श्रमिक स्पेशल ट्रेन से प्रवासी कामगारों के घर लौटने का सिलसिला जारी है अब तक एक सौ इक्यावन ट्रेन के माध्यम से एक लाख संतानवे हजार से अधिक प्रवासी बिहार लौटे हैं सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि आज पच्चीस ट्रेन से चौंतीस हजार छह सौ उनतीस लोग राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंचे श्री कुमार ने कहा कि कल देश के विभिन्न हिस्सों से चौंतीस ट्रेन बिहार पहुंचेगी जिससे पचास हजार नौ सौ दस यात्री आयेंगे उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दो सौ सड़सठ और रेलगाड़ियों के परिचालन का फैसला किया गया है जिससे चार लाख सताईस हजार से अधिक प्रवासी लोगों को लाने की योजना है श्री कुमार ने यह स्पष्ट किया कि सामान्य रेल सेवा से यात्रा करने वाले लोगों के लिये होम क्वारेंटीन की अनिवार्यता नहीं है क्योंकि सफर से पहले उनकी स्क्रीनिंग की जाती है और गंतव्य पर भी उनकी पूरी जांच होती है राज्य सरकार ने यह स्वीकार किया है कि प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के आने के कारण कोविड उन्नीस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि प्रदेश में अब तक तीन सौ बत्तीस प्रवासी श्रमिकों को कोविड उन्नीस संक्रमित पाया गया है उन्होंने बताया कि इनमें से दो सौ सतहत्तर ऐसे हैं जो तीन मई के बाद बिहार लौटे हैं श्री कुमार ने बताया कि इनमें से दिल्ली और गुजरात से लौटे अठहत्तर अठहत्तर लोग संक्रमित पाये गये हैं जबकि महाराष्ट्र से लौटे संतावन पश्चिम बंगाल से लौटे बीस और हरियाणा से लौटे सात लोग पॉजिटिव पाये गये इधर आज तिरपन नये मामलों की पूष्टि के साथ ही कोविड उन्नीस से संक्रमितों लोगों की संख्या बढ़कर नौ सौ बत्तीस हो गयी है आज जो नये मामले सामने आये हैं उसमें नवादा से नौ भोजपुर से सात भागलपुर से छह पटना बांका और सीवान से चार चार खगड़िया मुजफ्फरपुर बक्सर बेगूसराय और रोहतास से तीन तीन गोपालगंज से दो और कैमूर तथा मधुबनी के एक एक मामले हैं पटना में एक बीस दिन के बच्चे को भी संक्रमित पाया गया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार एक सप्ताह पहले जहां छप्पन नमूनों में से एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही थीं वहीं अब पैंतालीस नमूनों में एक संक्रमित मिल रहा है इधर मरीजों के स्वस्थ होने की रफ्तार में भी कमी आयी है स्वस्थ होने की दर छियालीस प्रतिशत पर आ गयी है विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि तीन सौ छियासी लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं इधर प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमण से आज एक महिला मरीज की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर सात हो गयी है आज जिस मरीज की मौत हुई उनका पटना के एनएमसीएच में इलाज चल रहा था श्री कुमार ने बताया कि पटना की रहने वाली महिला कैंसर और हेपेटाईटिस से ग्रसित थीं और पिछले आठ मई को अस्पताल में भर्ती हुई थीं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि कोविड उन्नीस के मरीजों के इलाज के लिये राज्य में त्रि स्तरीय व्यवस्था की गयी है

गया नालंदा भागलपुर बेतिया और मधेपुरा स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साथ साथ रोहतास बक्सर मुंगेर सीवान मोतिहारी पूर्णिया कटिहार और मधुबनी स्थित जिला अस्तपलों में ट्रू नेट मशीन भेज दी गयी है उन्होंने बताया कि इस प्रकार की पच्चीस और मशीनें आ रही हैं इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण के सामुदायिक फैलाव का पता लगाने के लिये रैंडम जांच की प्रक्रिया शुरू की है इस सिलसिले में आज नवादा वैशाली और मुंगेर समेत रेड जोन वाले अन्य जिलों में चौक चौराहों पर दुकानदारों सब्जी विक्रेताओं और अन्य लोगों के सैंपल एकत्र किये गये देश भर में पिछले चौबीस घंटों में कोविड उन्नीस संक्रमण के तीन हजार पांच सौ पच्चीस नये मामलों की प्रष्टि के साथ संक्रमित लोगों की संख्या चौहत्तर हजार दो सौ इक्यासी हो गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि अब तक चौबीस हजार तीन सौ छियासी लोग ठीक हो चुके हैं और अब लगभग हर तीसरा व्यक्ति स्वस्थ हो रहा है कल एक सौ बाईस लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या दो हजार चार सौ पंद्रह हो गई है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों विशेष रूप से हॉट स्पॉट जोन में रहने वालों लोगों से लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करने और कोविड उन्नीस की संक्रमण श्रंखला तोड़ने की सलाह दी

कई दफा हम अपने छोटे फायदे के लिए या ये सोचकर कि ये हमें असर नहीं करेगा हम लॉकडाउन की मयांदा को तोड़ देते हैं और उससे फिर इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह फंल जाता है और फिर ये जो पूरा लॉकडाउन का मकसद है ये खराब हो जाता है तो इसलिए मैं सारे लोगों से ये ही अपील करूंगा कि लॉकडाउन का हम पूरी तरह से पालन करें स्पेशली जहां पर हॉटस्पॉट हैं फिल्म अभिनेता सुरेश ओबेरॉय ने लोगों से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एकजूट होकर लड़ने की अपील की है

जैसा कि आप सब जानते है कि आज सारी दुनिया में बहुत ही डेनजर्स जान लेवा बीमारी कोरोना वायरस पूरी तरह से फैल गई है ये एक जंग है दोस्तो और हमें यह जंग लड़नी है मिलकर लड़नी है और जीतनी है हम ये जंग तभी जीत पाएंगे जब हम एक दूसरे का साथ देंगे और गर्वमेंट का साथ गर्वमेंट चाहती क्या है आपसे सफाई सोशल डिस्टेंस एक दूसरे से दूर रहें चार पांच लोग मिलकर पार्टियां ना करें सिर्फ इतनी सी बात गया एयरपोर्ट से आज एक सौ उनतीस पर्यटकों को विशेष विमान से थाईलैंड रवाना किया गया हवाई अड्डा निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि इनमें से एक सौ चौबीस थाईलैंड के और पांच लाओ पीडीआर के नागरिक शामिल थे प्रदेश में अभी चार हजार एक सौ तिरसठ क्वारेंटीन सेंटर काम कर रहे हैं इनमें दो लाख से अधिक लोगों को रखा गया है सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि केन्द्र पर भोजन के साथ साथ सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से देश में बने उत्पादों को अधिक से अधिक उपयोग में लाने की अपील की है इसी के तहत गृह मंत्रालय ने सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ की कैंटीनों में सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की बिक्री का निर्णय लिया है मंत्रालय का यह फैसला आगामी एक जून से देश की सभी सीएपीएफ कैंटीन पर लागू होगा इससे लगभग दस लाख सीएपीएफ कर्मियों के पचास लाख परिजन स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अब तब दो हजार उनसठ लोगों को गिरफ्तार किया जा च्रका है वहीं दो हजार ग्यारह प्राथमिकी दर्ज की गयी है पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अड़सठ हजार से अधिक वाहनों को जब्त किया गया है वहीं लगभग पंद्रह करोड़ सात लाख रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गयी है

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को तीन लाख करोड़ रूपये की सहायता

अब तक तीन सौ बत्तीस प्रवासी श्रमिकों में संक्रमण पाया गया